प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मज़बूत और संगठित भारत की सशक्त भावना को बताया प्रेरणा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव शिमला में शुरू शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा लाहौल की चिनल भाषा को संरक्षण देगी सरकार अगले तीन चार दिन प्रदेश में वर्षा की संभावना जुलाई के पहले सप्ताह में दस्तक दे सकता है मॉनसून

अपने संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉ मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली में शहीदी पार्क जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता डॉ मुखर्जी के बताए रास्ते और आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में डॉ मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमें राष्ट्र प्रेम व एकजुटता की प्रेरणा मिलती है

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से ही शिमला सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है और यहां रचनात्मक कार्य होते रहे हैं उन्होंने कहा कि इस उत्सव में देशभर से आए साहित्यकार व चिंतक विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे चिनल भाषा इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लाहौल में बोली जाने वाली चिनल भाषा को सरकार संरक्षण देगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है भाषा व संस्कृति विभाग की सचिव प्रर्णिमा चौहान ने लाहौल की चिनल भाषा बोलने वाले गांवों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं गेयटी थियेटर में चल रहे साहित्य उत्सव में बतौर पैनलिस्ट शाम चंद आज़ाद का कहना है कि लाहौल की संस्कृति भी विशुद्ध रूप से चिनल भाषा से ओतप्रोत है और राज्यस्तरीय मंच पर इस भाषा को स्थान मिलने से वे खुश हैं किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि चम्बा ज़िले के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार चम्बा पहुंचे किशन कपूर ने आज एक समारोह में ये बात कही उन्होंने भारी जनसमर्थन के लिए चम्बा ज़िले के लोगों का आभार जताया किशन कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है

शिमला स्थित उनके निजी आवास हॉली लॉज में बड़ी संख्या में वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को जन्मदिन पर श्भकामनाएं देते हए उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घाय की कामना की कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं और विधायकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं गोबिंद परिवहन मंत्री गोबिंद ठाक्र ने कहा है कि लोगों की समस्याओं के प्रति सरकार गम्भीर है और इसके निपटारे को प्राथमिकता दी जा रही है मनाली स्थित अपने आवास पर आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जनता की छोटी छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता गोबिंद ठाकुर ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा ज़िले की मसरूड पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का श्भारम्भ किया

हंसराज ने कहा कि इस केन्द्र को जल्द ही एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी और भवन का निर्माण भी शीघ्र होगा उन्होंने कहा कि वे मसरूड में महाविद्यालय खोलने की मांग को राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे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

लोग नमो ऐप और माइ गोव के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं ओलंपिक दौड आज विश्व ओलंपिक दिवस है इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज सुबह युवाओं ने ओलंपिक दौड़ में भाग लेकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दौड़ को हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर रिज मैदान पर जूडो व कराटे संघ से जुड़े खिलाड़ियों ने विभिन्न क्रियाओं और व्यायाम का शानदार प्रदर्शन किया सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर आयुवर्ग के लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस मौके मौजूद रहे मारकण्डा इस बीच कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने में खेलों की अहम भूमिका है काजा के रंगरीक में आज मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से एक ओर जहां युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास होता है वहीं वे नशे से भी विमुख होते हैं

शुलिनी मेला सोलन का तीन दिवसीय राज्यस्तरीय शूलिनी मेला आज रात सम्पन्न हो रहा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल मेले का विधिवत समापन करेंगे इस बीच मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में कल रात हिमाचली कलाकार कृतिका तनवर हंसराज रघुवंशी और अनुज शर्मा ने लोगों का खूब मनोरंजन किया मेले के दौरान कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो आकर्षण का केन्द्र रही मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक सतिंदर सरताज अपनी आवाज़ से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे शुलिनी कबड़डी इस बीच कबड्डी प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में पानीपत की टीम विजेता रही जबकि स्पोर्टस हॉस्टल बिलासपुर की टीम उपविजेता बनी

मौसम प्रदेश के अनेक भागों में आज गरज के साथ हल्की वर्षा हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के मौसम में बदलाव आने की संभावना है शिमला स्थित मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक प्रदेश में मॉनसून के जुलाई के पहले सप्ताह में दस्तक देने की संभावना है दुर्घटना किन्नौर ज़िले में काशंग नाला के पास आज सुबह पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई ये युवक पंजाब के रहने वाले थे जो किन्नौर ज़िले में घूमने आए थे ये हादसा इतना भयंकर था कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया इनके शवों का रिकांगपिओ अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया इन युवकों की पहचान ज़िरकपुर के ईशान और सुनील कुमार के रूप में की गई है

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने युवाओं से खेलकूद में अपना करियर बनाने का आह्वान किया है मण्डी ज़िले के थुनाग में स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे ओलंपिक में भी भारत को स्वर्ण पदक मिलने लगे हैं